पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड चालीस हजार पांच सौ चौहत्तर रोगी स्वस्थ हुए है स्वस्थ होने की दर पैंसठ दशमलव सात छह प्रतिशत हो गई है कोरोना से मृत्यु दर घटकर दो दशमलव एक एक प्रतिशत रह गई है स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि एक दिन में बावन हजार नौ सी बहत्तर लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर अट्ठारह लाख तीन हजार छह सौ पन्वानबे हो गई है इनमें से पांच लाख उन्यासी हजार तीन सौ सत्तावन मरीजों का इलाज चल रहा है एक दिन में सात सौ इकहत्तर लोगों की मौत के साथ देशभर में मृतकों की संख्या अड़तीस हजार एक सौ पैंतीस हो गई है इस बीच देश में कोविड महामारी के आरंभ से अब तक दो करोड से अधिक नमूनों की जांच की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों को स्मार्टफोन और टेबलेट साथ रखने की अनुमति दी जाए स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों को इस आशय का पत्र लिखा है अब कोविड रोगी वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है आज विश्व संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन और अध्ययन अध्यापन में लगे सभी लोगों को बधाई दी है श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत सुन्दर भाषा है जिसने कई वर्षो तक भारत का ज्ञान भंडार बनाए रखा उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि संस्कृत को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम करें इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देशवासियों को बघाई दी हैं श्री जावडेकर ने कहा है कि भारत के वेद जैसे प्राचीन ग्रथों की रचना संस्कृत में की गई थी उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा कई अन्य भाषाओं की जननी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या पहंचकर राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि प्जन की तैयारियों का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने अयोध्या का हवाई सर्वक्षण भी किया उन्होंने श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से आयोजन के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की मुख्यमंत्री ने समारोह के लिए बनाए गए मंच और पंडाल का भी निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को भूमि पूजन की सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच अगस्त को होने वाला भूमि पूजन समारोह भव्य और ऐतिहासिक होगा उन्होंने लोगों से एक बार फिर अपील की कि कोरोना महामारी को देखते हुए वो अपने अपने घरों में ही रहकर भूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखें उन्होंने कहा कि इस दिन देवालयों को सजाया जाए और दीप प्रज्ज्वलित किए जाएं प्रदेश में सभी की निगाहें अयोध्या पर हैं जहां राम मंदिर निर्माण के लिए भ्रमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की मिट्टी तथा देश की पवित्र नदियों के जल अयोध्या ले जाए जा रहे हैं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि श्री बद्गीनाथ धाम रायगढ़ के किले श्री रंगनाथस्वामी मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर और हुतात्मा चंद्ररोखर आजाद तथा बिरसा मुंडा के जन्म स्थान के साथ ही अन्य अनेक पवित्र और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच चुका है इसके अलावा हल्दीघाटी रानी लक्ष्मीवाई और रानी दुर्गा के किले की मिट्टी और मानसरोवर गंगासागर तथा अन्य सागरों का जल भी प्रजन हेतु अयोध्या पहुंच गया है इस मिट्टी और जल का इस्तेमाल राम मांदिर के निर्माण और भूमि पूजन के दौरान किया जाएगा इस बीच श्री राम जन्मयूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों से एक बार फिर अपील की है कि वह भूमि पूजन के दिन घर पर रहकर ही भगवान राम का चिंतन करें सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ आज रक्षावंधन का त्योहर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर बहने अपने भाई के कलाई पर रक्षासुत्र बांधती हैं और भाई उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को रक्षा बंधन की बधाई दी हैं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीवेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को रक्षावंधन पर्व की हार्दिक श्भकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि रक्षावंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम स्नेह और विश्वास का त्योहार है चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से स्वच्छ भारत पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तत किया जायेगा स्वच्छ भारत अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग ध्यान केन्द्रीय करते हुए देश में स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निमाई है